विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आयोजित होने वाले इस सत्र के काफी छोटा रहने के ऑसार है इससे पहले कल सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनाई वहीं विपक्षी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी सरकार को विभिन्न मुददों पर घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई आज शिक्षक दिवस है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार के लिये चयनित किये गये शिक्षकों को सम्मानित करेंगे प्रदेशभर में भी शिक्षकों के सम्मान में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किया जायेगा

इसके अलावा इस बार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन जिलों चूरू हनुमानगढ और झुन्झुनू के कलेक्टरों को भी सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समाज में सम्मानजनक स्थान है शिक्षक मानवता की वैचारिक प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा और गुणों को उभारने की दिशा में काम करें

श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को अपने और विद्यार्थियों के बीच संवादहीनता दूर करने के प्रयास करने चाहिए प्रधानमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों और शिक्षा के प्रचार में समर्पण के लिए पुरस्कार विजेताओं की सराहना की

प्रदेश में इंटरनेट सेवा युक्त स्मार्टफोन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र प्रत्येक भामाशाह परिवार को दो चरणों में क्ल एक हजार रुपये की सहायता दी जायेगी

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री लाभार्थी जनसवाद कार्यक्रम में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ करते हए यह घोषणा की उन्होंने कहा कि अब भामाशाह डिजिटल योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे ही मोबाइल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और वे इनका लाभ ले सकेंगे

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इसकी औपचारिक घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

इस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से बाडमेर जिले की महिलाओं को अब ईंधन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता है